मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसन सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

ये हैलीपोर्ट शिमला के संजौली रामपुर झाकड़ी कांगनीधार बददी और मनाली में बनाए जा रहे हैं

विधानसभा मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने ऊना मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं जिसके बाद प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच दो दिनों जारी गतिरोध समाप्त हो गया है आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर ये मामला उठाते हुए ऊना के पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की उनको कहना था कि जब तक पुलिस अधीक्षक वहां रहेंगे जांच नहीं हो सकती

मुख्यमंत्री का कहना था कि विपक्ष ने उनकी बातों को गलत समझा है और हर प्रकार के माफिया के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए इस बीच विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस किसी भी माफिया को संरक्षण नहीं दे रही है लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए ॅऊना के पूलिस अधीक्षक का न होना आवश्यक था जिसे मान लिया गया महेन्द्र सिंह बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगले साल से प्रदेश में टैलीस्कोपिक कार्टन नहीं चलेंगे

महेन्द्र सिंह ठाकूर ने कहा कि यदि बागवानों को बिचौलियों और सरकार को वित्तीय घाटे से बचाना है तो टैलीस्कोपिक कार्टन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा बागवानी मंत्री ने कहा कि टैलीस्कोपिक कार्टन के उपयोग से बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पर रहा है और प्रदेश सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है हालांकि उन्होंने कहा कि बागवानों का रूझान टैलीस्कोपिक कार्टन की तरफ अधिक पाया गया है

मारकंडा पिछले दिनों हुई भारी बारिश व बर्फबारी से अवरूद्व काजा मनाली और काजा रिकांगपिओ मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है

इस मार्ग पर चेट्टाने खिसकने से यातायात बार बार बाधित हो रहा है

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया कि छतड़ू में फंसे पर्यटक मनाली पहुंचा दिए गए हैं उन्होंने कहा कि वर्षा व बर्फबारी से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में निगरानी कमेटी गठित की गई है ये कमेटी नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति आने वाले पर्यटकों से छोटे वाहनों में न आने की अपील भी की है